केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी हरियाणा में गोपाल कांडा का समर्थन नहीं लेगी जेजेपी नेता दूष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्होंने पार्टी की नीतियों पर चलते हये बीजेपी को समर्थन दिया है

श्री मनोहर लाल कल दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे जेजेपी नेता उप मुख्यमंत्री के पद के शपथ लेंगे आज दोपहर मुख्य मंत्री जो दुसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन रहे है ने हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए अपनी दावेदारी पेश की जिसे राज्यपाल पे स्वीकार कर लिया इस बार वह गठबंधन सरकार की कमान संभालेंगे और जन नायक जनता पार्टी बीजेपी की गठबंधन सहयोगी है

इससे पहले दिन में श्री मनोहर लाल को सर्वसम्मति से केन्द्रीय पार्टी पर्यवेक्षकों और हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन की उपस्थिति में विधायक नेता चूना गया था पार्टी की बैठक की बाद केन्द्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर ने स्पष्ट किया कि पार्टी गोपाल कांडा का समर्थन नहीं ले रही उन्होंने यह भी कहा कि सरकारने उप मुख्यमंत्री का पद जन नायक जनता पार्टी के नेता को दिया जायेगा

लेकिन जेजेपी उस पार्टी का समर्थन कैसे कर सकती है जो जन नायक चौधरी देवी लाल की विचारधारा के खिलाफ हो आज चंडीगढ़ में राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुये उन्होंने कहा कि जन नायक जनता पार्टी उस पार्टी का कभी समर्थन नहीं कर सकता जो दस वर्षो तक श्रष्टाचार में लिप्त रहे हो उन्होंने कहा कि यह च्नाव विकास और प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर लड़ा गया है और च्नाव प्रचार में किए गये वादों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा

यह दिवस मनाने के लिए तैयारियां जारी है

उस दिन दिल्ली मेट्रो सेवा सभी स्टेशनों पर सुबह चार बजे से शुरू होगी

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दुरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा

प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और द्रदर्शन के यू टयूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जायेगा आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तूरंत बाद इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जायेगा श्रेत्रीय भाषाओं में इसका पुन प्रसारण रात आठ बजे किया जायेगा प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की पिछली कड़ी में लोगों से सुरक्षित दीपावली मनाने का आग्रह किया था ताकि पटाखों और आग लगने की दुर्घटनाओं की बजह से जानमाल का नुकसान न हो उन्होंने दीपावली पर एहतियात के तौर सभी सावधानियां बरतने का कहा उन्होंने यह भी कहा कि त्यौहार के अवसर पर खुशी आनंद और उल्लास भी होना चाहिए हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक श्भकामनायें और बधाई दी है उन्होंने कहा कि दीपावली का यह पर्व प्रदेशवासियों के लिए नई ख्शी उल्लास और उमंग लेकर आया है यह पर्व अंधरे से प्राकाश की ओर ले जाता है जिससे प्रदेश में स्ख शांति और समृद्वि बढ़ेगी एवं हरियाणा आने वाले समय में दिन द्गनी और रात चौग्णी उन्नति करेगा हरियाणा के पृलिस महानिदेशक मनोज यादव ने प्रदेश के नागरिकों व हरियाणा पृलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियो को दीपावली की बधाई और श्भकामनायें देते हये उनकी स्ख समृदवि की कामना की है चंडीगढ़ में जारी एक आदेश मे श्री यादव ने कहा कि दीवाली शांति प्रगति और स्मृद्वि का प्रतीक है जो हमे समाज के सभी वर्गो के साथ अपनी ख्शी सांझा करने के हमारे कतव्य की याद दिलाता है

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद समाज के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारी के क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय सामाजिक जिम्मेदारी प्रस्कार प्रदान करेंगे ये प्रस्कार कॉरपोरेट मामलों बारे मंत्रालय द्वारा दिये जाते है इनका उद्देश्य समावेशी और सतत विकास के लिए सामाजिक जिम्मेदारी की भावना के साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाली कंपनियों को सम्मानित करना है

इस मौके पर प्लिस अधीक्षक ने धर्मेंद्र को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया तथा कहा कि समाज के प्रत्येक नागरिक क कर्तव्य बनता है कि वह द्रसरों की मदद के लिए सदैव तैयार रहे

अचानक रस्सी छुटने से तीनों बच्चे नहर में डूबने लगे कैंटर चालक धर्मेंद्र ने जब बच्चों को इबते देखा तो उसने अपनी चिंता किए बिना कैंटर को सङक के बीच में ही खड़ा कर अचानक नहर में छलांग लगा दी और तीन में से दो बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया पलवल के बी के माध्यमिक विदयालय दवारा प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने तथा पटाखे नहीं जलाने को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली गई

स्कूल के छात्रा हर्षिता व सपना फोगाट ने कहा कि दीपावली दीपों का त्यौहार है दीपावली पर ख्शी का इज़हार करते हुये सभी को दीपक जलाने चाहिए दीपावली पर पटाखें बिल्क्ल ना चलाये

इन पर प्रशासन की ओर से नज़र रखी जा रही है उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह यहां फोगिंग करवाई गई थी उन्होंने कहा कि गांव में डेंगू का लारवा मिलने के बाद सैंपल भी लिये गये है गांव में बीमार लोगों की देखरेख के लिए सेहत विभाग की टीम भी सक्रिस है हमारे संवाददाता ने बताया कि इस गांव से कई लोग पीडिय़ है जिनका शहर मे निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है यम्नानगर की मंडियों में धान की सरकारी खरीद बंद होने से किसानों को परेशानी का समाना कर पड़ रह है